मुख्यमंत्री ने कहा बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट संचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया पत्र सुचना कार्यालय ने यह भी कहा कि यह अफवाह है और मीडिया ने अपनी खबरों में दावा किया था कि लॉकडाउन का समय समाप्ति होते ही सरकार इसे बढा देगी कैबिनेट सचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब खबरें बेबुनियाद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें उन्होंने कहा कि बेहद जरूरी हो तमी घर से बाहर निकलें और बेवजह घूमने वालों की सूचना थाना को दें इस बात का सदैव ध्यान रखें कि लोग समूह में ना रहें गांव के मुखिया वार्ड पार्षद इसके प्रति लोगों को जागरूक करें लोग जितने जागरूक होंगे

प्रत्येक ग्रप में प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे ये समूह योजनाए बनाएंगे और समयबद्ध ढंग से उन्हें लाग करने के आवश्यक उपाय करेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संदिग्ध या पुष्टि वाले मरीजों को देखने वाले या ऐसे मरीजों को लाने ले जाने वाले चिकित्साकर्मियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है इसका उद्देश्य एंब्रलेंस चालकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित और निर्देशित करना है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस समय दो तरह की एंबुलेंस हैं पहली वेन्टिलेटर सहित एएलएस एंबुलेंस और दूसरी वेन्टिलेटर रहित बीएलएस एंबुलेंस

द्मका में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है सब्जी और खाने पीने की चीजों की खरीद के लिए प्रशासन ने सुबह शाम समय तय कर दिया वहीं प्रशासन ने आज बेवजह सड़क पर घूमने वालों से सख्ती से निबटने का फैसला किया है

इधर हजारीबाग जिले में जरूरतमंदों की मदद के लिए आम लोग भी मानवीयता का परिचय देते हुए सामने आ रहे हैं इसके तहत राहगीरों और मजदूरो के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से पैदल आ रहे करीब आधा दर्जन से अधिक मजदूरो को ऐसे लोगो ने हजारीबाग में बैठाकर भोजन कराया वहीं कोडरमा जिले में लॉक डाउन का व्यापक असर दिखने लगा है लोग खूद अपने और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए खूद को लॉक डाउन कर लिया है कई इलाको में गलियों मुहल्लों में जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर दिया गया है और पूर्ण रूप से मोहल्ले में आने जाने वाले लोगोँ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर जंगल के इलाकों में भी जरूरतमंद लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है इसी क्रम में नक्सल प्रभावित सारंडा इलाके के किरीबुरू और आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई ने अपना काम शुरू कर दिया है किरीबुरू के भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के प्रयास से आसपास के जंगलों में रहने वाले गरीब और असहाय लोगों के लिए सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है किरीबुरू के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी डॉ हीरालाल रवि ने बताया कि लोगों का इसमें काफी सहयोग मिल रहा है और पुलिस इस कार्य को तत्परता से कर रही है कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना हेल्पडेस्क का गठन किया गया है इसके माध्यम से सहिबगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अप्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है

ग्मला में प्रशासन पहुंचेगा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल से खाद्य सामग्रियों की होम डिलीवरी शुरू हो गई है

उन्होंने कहा कि जल्द ही सामानों की होम डिलीवरी का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिलॉबरी की अनुमति दी गई है उन्होंने कहा कि दूध के संग्रह और वितरण की श्रृंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह से मुक्त है श्री भल्ला ने कहा कि हाथ धोने संबंधी स्वच्छता उत्पाद साबुन और अन्य वस्तुओं के परिवहन की भी अनुमति दी गई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को संगरोध केंद्रों के रूप में इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया है मंत्रालय के कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री केयर्स कोर्स में देने का भी फैसला किया है कौशल विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमो के जरिए स्वास्थ्य देखभाल कौशल में प्रशिक्षित लगभग एक लाख कर्मचारियों की सूची मी सौंपी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा है कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज में जिला और राज्य प्रशासन की मदद करेंगे गिरिडीह के लोग मेडिकल इमरजेंसी के इस हालात में एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं

गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है अपर मुख्य गृह सचिव और सीलमपुर के एस डी एम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है गृह मंत्रालय ने कहा हैं कि ये अधिकारी लाँकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करेने में विफल रहे इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी की रसोई के स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को बड़ी संख्या में पेपर प्लेट के साथ तैयार भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि आईआरसीटीसी ने दिल्ली पटना और रांची सहित अपने कई स्थानों से जरूरतमंद लोगों प्रवासी मजदूरों कुछ वृद्वाश्रमों और अन्य लोगों को कल लंच पैकेट उपलब्ध कराए

नेशनल ब्रुक ट्रस्ट सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना के बारे में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोरोना अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तकों का प्रकाशन शुरू करेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में संमाज के लिए कोर्रोना महामारी के मानसिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान मे रखते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट इस श्रृंखला की शुरूआत करेगा आज चैती छठ का पहला अर्घ्य दिया जाएगा

प्रशासन ने भी नदी घाटों पर नहीं जाने की अपील की है

तेल विपणन कंपनियां लॉकडाउन अवधि के दौरान पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की उपलब्यता बनाए रखते हए संकट की इस घड़ी में प्रवासी कामगारों और जरूरतमंद लोगों को भोजन भी वितरित कर रही हैं लॉकडाउन में आपात स्थिति में जिला प्रशासन ई पास जारी करेगा इसके लिए घर बैठे प्रज्ञाम एप्प के जरिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मोबाईल पर ई पास भेजा जाएगा गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए